हरियाणा के म्ख्यमंत्री ने लोगों से हर साल एक पौधा लगाने का संकल्प लेने की अपील की

हरियाणा में ईद के कार्यक्रमों में मंत्रियों व सांसदों ने शिरकत की

उन्होंने कहा कि बिना रिश्वत और सिफारिश के य्वाओं को रोज़गार मिलने से वे ख्श है और किसानों की फसल का दाना दाना खरीदा जा रहा है उन्होंनें कहा कि व्यापारी को भी फिरौती या चंदा देने का डर नहीं है म्ख्यमंत्री ने अपनी अन्य उपलब्धियों गिनाते हये कहा कि आज च्नाव में रोटी कपड़ा और मकान का नारा इसलिये नहीं चलता क्यूंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच साल के कार्यकाल में इन जरूरतों की काफी हद तक पूर्ति कर दी है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनता को लड़ाने भिड़ाने और भेदभाव पैदा करने की कोशिश को उनकी सरकार ने कमी नहीं होने दिया म्ख्यमंत्री ने इस मौके पर दावा किया कि अगामी विधानसभा च्नाव में भी भारतीय जनता पार्टी दो तिहाई बहमत प्राप्त् कर सरकार बनायेगी

जनता ने राजपरिवारों व राजवंशों व वंशतंत्र को नकार कर लोकतंत्र को मजबूत किया है

हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद बजेन्द्र सिंह ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया और कहा उनका यह पहला च्नाव था हिसार की जनता ने जो प्रेम व समर्थन दिया उसके लिये वे आभारी हूं समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी उपस्थित थे केंद्रीय सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मृत हो गए जलाशयों को प्नर्जीवित किया जाएगा उन्होंने कहा कि ऐसे जलाशयों की पहचान का कार्य चल रहा है केंद्रीय मंत्री आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रुग्राम में गुडगांव फस्ट नामक स्वयंसेवी संस्था दवारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे उन्होंने कहा कि ग्रुग्राम के लोग जागरूक और प्रौदयोगिकी को अपनाने में प्रदेश में सबसे आगे हैं इसलिए सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हए मिलकर सौर ऊर्जा के समुचित उपयोग का एक अनूठा उदाहरण पेश करना होगा जो हरियाणा के अन्य जिलों तथा दूसरे प्रदेशों के शहरों के लिए अन्करणीय हो इस मौके पर उन्होंने भूमिगत जल रिचार्ज करने में प्रयोग करने का आहवान किया और कहा ग्राम वासियों को स्निश्चित करना चाहिए बारिश के पानी की एक भी बूंद व्यर्थ ना बहे बल्कि बारिश का सारा पानी भूमिगत जल को रिचार्ज करने में प्रयोग हो इसके लिए सभी को अपने स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने प्रदेश के पंजाबी अध्यापकों को उनकी मांगों पर सहान्भूति पूर्व विचार करने का आशवासन दिया है आज चंडीगढ़ में पंजाबी टीचरर्स ऐसोसिएश्न के पदाधिकारियों के साथ म्लाकात में उन्होंने उनकी विभिन्न मांगों को सुना इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास भी मौजूद थे आरोही माडल स्कूल ऐसोसिएशन और निय्क्ति का इंतजार कर हरे नव चयनित जेबीटी अध्यापकों ने भी आज शिक्षा मंत्री से मुलाकत की और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा शिक्षा मंत्री ने उन्हें भी उनकी जायज़ मांगे जल्द पूरा करने का आवश्वासन दिया

पर्यावरण मंत्री ने देश के राजमार्गो के किनारे सवा करोड़ वृक्ष लगाने के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी के फैसले का स्वागत किया उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिये प्रत्येक नागरिक को आठ पौधे लगाने चाहिए पर्यावरण राजय मंत्री बाबुल सुप्रीयो ने भी लोगों से पौधा लगाने और आज तथा प्रतिदिन लोगों को पौधारोपण के लिये प्रेरित करने को कहा

कपिल देव ने इस मौके पर कहा कि पृथ्वी की रक्षा के लिये वक्षारोपण के महत्व के प्रति चेतना जगाने की जिम्मेवारी मीडिया की है हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पर्यावरण दिवस पर लोगों को हर साल एक पौध लगाने का संकल्प लेने की अपील की है आज चंडीगढ़ में इस मौके पर जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने वायु प्रद्वषण को एक वैश्विक समस्या बताते हये कहा कि पृथ्वी पर रहने वालों के लिये खतरा बन गई है पर्यावरण संरक्षण की श्रंखला में स्वच्छ भारत अभियान की भूमिका का जिक्र करते हये म्ख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कचरे को अलग करने व पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिये हर घर हरियाली योजना और पौधागिरि योजना चला रही है और लोगों को फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिये भी प्रेरित किया गया है हरियाणा सहित देश भर में ईद का त्योहार पूरी श्रद्वा और सामाजिक सदभाव के साथ मनाया जा रहा है स्बह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को श्भकामनायें दी और आशा व्यक्त की कि यह विशेष दिन समाज में सदभाव करूणा और शांति की भावना को प्रज्वलित करेगा हरियाणा के अम्बाला छावनी के च्ना चौक स्थित जामा मस्ज्द में ईद के मौके पर खेल मंत्री अनिल विज ने शिरकत की अम्बाला शहर की अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज़ अदा की गई

लोकसभा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह म्ख्य अतिथि के तौर पर शामिल हये उन्होंने ईद को भाईचारे व शांति का संदेश देने वाला त्योहार बताते हये सभी से इस पवित्र मौके पर आपसी भाईचोर को बढ़ाने का संकल्प लेने का आहवान किया

यम्नागर जिले के बूडिया जगाधरी चांदप्र छछरौली बिलासप्रा स ौरा खिजराबाद की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी गई सभी समूदाय के लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की म्बारक बाद दी खिजराबाद में इस मौके पर एक कृश्ती दंगल का आयोजन भी किया गया सातवी आर्थिक गणना की तैयारियां श्रू हो गई है आशा है जून के अंत में या ज्लाई में श्रू में पूरे देश में गणना एक कार्य श्रू हो जायेगा केन्द्रीय सांख्यिकी मंत्रालय योजनाबद्व तरीके से कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगा

हाल ही में सम्प्पन हई नीट की प्रतियोगिता में हरियाणा के छात्र छात्राओं ने अपनी काबलियत का लोहा मनवाया है फरीदाबाद के छात्र स्वस्तिक भाटिया ने देश में चौथा व प्रदेश में पहला स्थान व मोहित ने देश में तेहरवें व प्रदेश में द्रसरा स्थान हासिल किया है